शहीदों के परिजनों की मदद के लिये कई लोग आगे आये

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज बरौनी में आयोजित समारोह में महत्वाकांक्षी पटना मेट्रो रेल परियोजना और पटना के घरों में पाईप के जरिये रसोई गैस पहुंचाने की योजना सहित तैंतीस हजार करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे इस संबंध में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता धर्मेन्द्र कुमार राय

पटना मेट्रो रेल सहर के लोगों का सपना है यह अगले पांच वर्ष में पूरा हो जायेगा

प्रधानमंत्री सिटी गैस वितरण परियोजना की शुरुआत भी करेंगे इसके माध्यम से अंठावन लाख लोगों के घर तक पाइप लाइन के माध्यम से रसोई गैस पहुंचेगी वहीं प्रदूषण कम करने के लिए वाहनों को सीएनजी और औद्योगिक इकाइयों को प्राकृतिक गैस मिलेगा श्री मोदी बिहार के विद्वतीकृत पांच महत्यूर्ण रेल खंडों के उदघाटन के साथ साथ पटना तथा रांची के बीच एक साप्ताहिक वातानुकूलित ट्रेन को भी रवाना करेंगे धर्मेन्द्र कुमार राय आकाशवाणी समाचार बरौनी श्री मोदी बरौनी रिफाइनरी की क्षमता विस्तार परियोजना विमानों के ईंधन बनाने की यूनिट और अमोनिया यूरिया उर्वरक कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री पटना रिवर फ्रंट डेवलपमेंट परियोजना के पहले चरण का लोकार्पण करेंगे इसके अलावा वे कई रेलखंडों के विद्युतीकरण और रांची तथा पटना के बीच साप्ताहिक ट्रेन के परिचालन की शुरूआत भी करेंगे इसके अलावा प्रधानमंत्री छियानवे किलोमीटर की सीवरेज परियोजना और एक हजार चार सौ चौबीस करोड़ रुपये की अमृत परियोजना के शिलान्यास के साथ ही सारण छपरा में मेडिकल कालेज तथा भागलपुर और गया के सरकारी मेडिकल कालेजों के उन्नयन से संबंधित परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे वे बरौनी उलाव एयरपोर्ट पर एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री आज सुबह पटना पहुंचेंगे जहां से बरौनी के लिये रवाना होंगे उनके स्वागत के लिये राज्यपाल लालजी टंडन और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित कई मंत्री और पदाधिकारी पटना हवाई अड्डे पर मौजूद रहेंगे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुये सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं इस कार्यक्रम में राज्यपाल लालजी टंडन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के अलावा केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान रविशंकर प्रसाद गिरिराज सिंह आरके सिंह रामकृपाल यादव अश्विनी कुमार चौबे और बिहार सरकार के मंत्री नंदकिशोर यादव मंगल पांडेय और सुरेश शर्मा शामिल होंगे भाजपा आज देशभर में सभी जिला मुख्यालयों पर सीआरपीएफ के शहीद जवानों के याद में प्रार्थना सभाएं आयोजित करेगी इनमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री सहित गणमान्य लोग भाग लेंगे पुलवामा आतंकी हमले में राज्य के शहीद हुये सीआरपीएफ के दोनों जवानों के परिवारों को राज्य सरकार की ओर से छत्तीस छत्तीस लाख रुपये की सहायता प्रदान की जायेगी इसके अलावा राज्यभर के कई संगठनों और राजनेताओं की ओर से शहीदों के परिजनों को मदद की पेशकश की गयी है भाजपा सांसद आर के सिन्हा ने दोनों शहीद जवानों के परिजनों को पांच पांच लाख रूपये आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है साथ ही परिजनों को एसआईएस में नौकरी और बच्चों की पढ़ाई में मदद का भी आश्वासन दिया है वहीं शेखपुरा की जिलाधिकारी इनायत खान ने पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ जवान संजय कुमार सिन्हा और रतन कुमार ठाकुर की एक एक बेटी को गोद लेने की घोषणा की है केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों से जम्मू कश्मीर के छात्रों और लोगों को मिलने वाली धमकियों के मद्देनजर उनकी सुरक्षा के उपाय करने को कहा है गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीरियों के खिलाफ हिंसा का प्रयास करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठाये जायेंगे बोधगया ब्लास्ट मामले में पुलिस ने बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन जमातुल मुजाहिदीन से जुड़े एक व्यक्ति को कोलकाता से गिरफ्तार किया है इस पर बम ब्लास्ट में शामिल होने का आरोप है पकड़े गये आरोपी के पास से कई दस्तावेज जब्त किये गये हैं आगामी लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों और मजिस्ट्रेट की तैनाती की जायेगी चुनाव आयोग ने इसके लिये सभी जिलाधिकरियों और पुलिस अधीक्षकों को अर्द्वसैनिक बलों की जरूरत बताने को कहा है चुनाव को लेकर राज्य के पटना स्थित मुख्य निर्वाचन कार्यालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये आयोजित एक बैठक में मुख्य निर्वाचन अधिकारी एच आर श्रीनिवास ने सभी जिलाधिकारियों और एसपी को हर बूथ को इलेक्ट्रिफाइड करने का निर्देश दिया राज्य में बीते चौबीस घंटों के दौरान अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में आठ लोगों की मौत हो गयी पहला हादसा गया जिले के आमस थाना क्षेत्र में नवगढ़ गांव के निकट हुआ जहां एक निजी कार की सड़क के किनारे खड़े ट्रक से जोरदार टक्कर में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गयी ये सभी औरंगाबाद जिले के लबदना गांव से शादी समारोह में शामिल होने के लिए बोकारो जा रहे थे वहीं वैशाली जिले में सराय थाना क्षेत्र के सूरजपुर चौक के पास स्कूटी और स्कॉर्पियो के बीच हुई टक्कर में तीन परीक्षार्थियों की मौत हो गई तीनों परीक्षार्थी इंटरमीडिएट की परीक्षा देकर लौट रहे थे मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पूर्णिया को छोड़कर आज से राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहेगा दिन में तेज ध्रप रहेगी जबकि सुबह शाम ठंड का असर बना रहेगा प्रर्णिया में आकाश में आंशिक बादल छाये रहेंगे ब्रंदाबांदी की भी संभावना है बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा का मूल्याकंन कार्य एक मार्च से शुरू होगा इसके लिये राज्यभर में कुल एक सौ छत्तीस केंद्र बनाये गये हैं वहीं बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा इक्कीस फरवरी से शुरू हो रही है हर दिन दो पालियों में अठाईस फरवरी तक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा राज्य में कृषि रोड मैप की तर्ज पर पशुपालन रोड मैप भी बनाया जायेगा मुख्यमंत्री के सलाहकार अंजनी कुमार सिंह ने पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में यह जानकारी देते हुये बताया कि बिहार पशुपालन और इससे जुड़े क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है राज्य सरकार ने किसानों को फसल क्षति की सहायता देने के लिये नौ सौ करोड़ रूपये का आवंटन किया है किसानों को फसल सहायता योजना का लाभ इसी महीने से मिलना शुरू हो जायेगा सहकारिता विभाग ने एक सप्ताह के अंदर निबंधित किसानों का सत्यापन करने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है फसल क्षति के आकलन के बाद किसानों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने पुलवामा हमले से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है इसके अलावा अलग अलग खबरों को भी पहले पन्ने पर स्थान दिया है हिन्दुस्तान शहीदों की अंतिम विदाई पर लिखता है अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों अखबार की एक अन्य सुर्खी है पीएम आज पटना मेट्रो का शिलान्यास करेंगे दैनिक जागरण ने लिखा है शहीद जवान संजय और रतन अश्नुपूरित नेत्रों से विदाई दैनिक भास्कर लिखता है अंतिम प्रणाम सोलह राज्यों में चालीस शहीदों की अंतिम यात्राएं निकली उधर राजौरी में मेजर शहीद प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री के बयान को पहले पन्ने पर स्थान देते हुये लिखा है दुश्मन से हर आंसु का देश लेगा हिसाब

शहीदों के परिजनों की मदद के लिये कई लोग आगे आये